शिमला में एक सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने तथा सरकार को इनके बारे में लोगों का फीडबैक देने में मीडिया की एक प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि संचार के मौजूदा यूग में इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों की भूमिका कई गुणा बढ़ गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा ही मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम किए है और पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार राज्य में प्रकाशित हो रहे साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं के प्रति विचारशील है अग्निकांड मंडी जिले के नेरचौक में आज तड़के हुए एक अग्निकांड में पांच लोग जिंदा जल गए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 ये हादसा एक शादी समारोह वाले घर में हुआ और मरने वाले सभी लोग दूल्हे के परिजन थे अग्निकांड से कुछ देर पहले ही घर में बारात दूल्हन लेकर लौटी थी और घर वाले घटना के वक्त सो रहे थे प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अग्निकांड के समय घर में रखे रसोई गैस के सिलेंडरों में विस्फोट हुआ जिससे आग ज्यादा भड़क गई स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली बाद में अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इस अग्निकांड पर गहरा दूख जताया है और आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दिए है उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता के निर्देश भी दिए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है स्थानीय विधायक इंद्र सिंह गांधी ने मौके पर पहुंच कर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया सुकन्या योजना केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के खातों में अनिवार्य वार्षिक जमा राशि एक हजार रुपए से घटाकर अढ़ाई सौ रुपए कर दी है इस फैसले से ज्यादा से ज्यादा लोग कन्याओं के लिए बचत की इस योजना का लाभ ले सकेंगे

खाता खोलने के लिए आवश्यक जमा राशि घटाकर अढ़ाई सौ रुपए कर दी गई है सुकन्या समृद्धि खाते पर अन्य लघु बचत योजनाओं और लोक भविष्य निधि की तरह ही हर तिमाही में ब्याज दर संशोधित की जाती है जुलाई से सितम्बर की तिमाही के लिए ब्याज दर आठ दशमलव एक प्रतिशत निर्घारित की गई है इस योजना के अतंर्गत माता पिता या कानूनी संरक्षक दस वर्ष तक की अपनी कन्या के नाम पर डाकघर या सरकारी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल का औचक निरीक्षण किया वह इस दौरान अस्पताल के सभी वार्डों में गए और यहां मौजूद सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताया और कहा कि भविष्य में इस कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी आवश्यक उपकरण और मशीनरी उपलब्ध करवाई गई है लेकिन इनके संचालन की जिम्मेवारी कर्मचारियों की है जिन्हें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा है कि भारत विश्व में महत्वपूर्ण खेल शक्ति के रूप में उमर रहा है और आने वाले समय में देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे बिंदल गत देर सायं नाहन में आयोजित पांच दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय दिवा रात्रि फूटबाल प्रतियोगिता के समापन समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उचित मंच और अभ्यास के अवसर उपलब्ध करवा रही है खेल में निखार के लिए विश्व स्तर की प्रतिभाओं को भारतीय खेलों के साथ जोड़ा जा रहा है इस प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में जालंधर की टीम विजयी रही

विधानसभा अध्यक्ष ने विजेता और उप विजेता टीमों को सम्मानित किया

बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकर ने हरलोग में पश् चिकित्सालय का शिलान्यास करने के बाद आज ये बात कही इस चिकित्सालय से क्षेत्र की करीब नौ पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे सुभाष ठाक्र ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए कोलडैम से रामबाग बैरी बैंस और ॅक ंदरौर में बड़े जल भंडारण टैंक बनाए गए हैं